उन्होंने कहा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या एक करोड से अधिक हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा ह कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है लेकिन लोगा को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष रेलगाडियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं इस बार बहुत कुछ खुल चुका है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं अन्य स्पेशल ट्रेने भी शुरू हो गई हैं तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे है धीरे धीर्रे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है खूल गया हैं ऐँसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है दो गज की दूरी का नियम हो मुंह पर मास्क लगाने की बात हो हो सके तो वहां तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह दुनिया के अन्य भागों में फैला प्रधानमत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्युदर भारत में बहुत कम है प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया उन्होंने कहा कि सेवा परमो धमः में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है देशवासियों की संकल्पशक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देशवासियों की सेवाशक्ति वास्तव में इस माहामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बल्कि भारत की जीवनपद्वति है और हमारे यहाँ तो कहा गया है सेवा परमो धमर्रू सेवा स्वयं में सुख है सेवा में ही संतोष है महामारी के कारण लोगों के कष्टो और समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओ के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं प्रधानमंत्री ने लाखों मजदूरों को ट्रेनों और बसों से सक्शल उनके घरों तक ले जाने में दिन रात लगे कर्मचारियों की सराहना की उन्होंने मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो परेशानी में न हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ उनका दर्द और उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती हममें से कोन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई हैं उन्होंने न केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को भी शुभकामनाएं दीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं हरेक जगह योग और आयुर्वेद के बारे में लोग अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने हाल के चक्रवाती तूफान का साहस और बहादुरी से सामना करने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिसा के लोगों की प्रशंसा की

श्री मोदी ने कहा कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है उन्होंने दशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधें रोपें और प्रकृति के साथ अपने संबंध सुदृढ करें केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पानी की हर एक बूंद को बचाने के महत्व पर जोर दिया एक ट्वीट संदेश म श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने व्रक्षारोपण देश की समृद्ध जैव विविधता और प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने पर भी बात की

राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमारे उद्योग धन्धों तथा दिनचर्या पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उससे उबरने में अभी कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन सभी के सहयोग और धैर्य से इस बुरे वक्त से शीघ्र ही देश उबर सकेगा राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से शुरू हो रही रेल सेवाओं के मददेनजर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मूख्यमंत्री आज अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

श्री योगी ने कहा कि आकाशीय बिजली से होने वाली जन हानि और पशु हानि को रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग करत हुए इस सम्बन्ध में एलर्ट जारी किया जाये उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के निराश्रित व्यक्तियों के लिए ग्राम प्रधान निधि से एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये

उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को कोविड और नान कोविड अस्पताला से संवाद बनाये रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अस्पतालों में डाक्टर नियमित राउण्ड लें और साफ सफाई की उचित व्यवस्था के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के समूचित प्रबन्ध किये जायें मूख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड की व्यवस्था है प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को लकर राज्य के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं राज्य के अपर मुख्य सचिव गुह अवनीश अवस्थी ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने मेट्रो रेल सिनेमा हाल जिम स्वीमिंग पुल तथा बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे वहीं कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है

सभी कार्यालय शत प्रतिशत कर्मचोंरियों की क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन तीन पालियों में कार्य कराया जाएगा कोरोना कंटेनमेंट जॉन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई है

मिठाई की दुकानें भी खूलेगी लेकिन लोगों को दुकानों पर खाने की अनुमति नहीं होगी

नाइयों की द्रकानें सैलून तथा ब्यूटी पार्लर खूलेंगे टैक्सी ऑटो रेरिक्शा तथा कैब को मानकों के ॅअनुसार निर्धारित सवारियां रखकर चलने की अनुमति होगी राज्य में रोडवेज बस मॅी निर्धारित सवारियों के साथ चल सकेंगी स्कूल और कालेज तथा शिक्षण संस्थाओं को खोलने का निर्णय जुलाई में केंद्रीय निर्देशों के बाद लिया जाएगा